संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज जयपुर में एक प्रेस कांफ्रेस में ये घोषणा की उन्होंने बताया कि इन तीनों शहरों में दो दो नगर निगम होंगे श्री धारीवाल ने बताया कि सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और इन तीनों शहरों में पुनर्सीमांकन के बाद ही चुनाव होंगे पूर्व में प्रस्तावित निकाय चुनाव के पहले चरण में इन तीनों शहरों के नगर निगमों में चुनाव नहीं होंगे

श्री धारीवाल ने कहा कि नवगठित नगर निगमों के वार्डो के सीमांकन परिसीमन का काम दो तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा

प्रचार के लिए अब केवल एक दिन बाकी है इसलिए दोनों ही पार्टियां इस दौरान ज्यादा से ज्यादा चुनावी सभाएं करने की कोशिश कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंडावा में प्रचार किया

वहां आज दिव्यांग मतदाताओं ने जन जागरूकता रैली निकाली

अतिरिक्त महाधिवक्ता आर पी सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील सोमवार को दायर की गई गौरतलब है कि अलवर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने मामले में शामिल समी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए पिछली अगस्त में बरी कर दिया था अगस्त में निचली अदालत के फैसले के बाद राज्य सरकार ने जांच में त्रुटियों और अनियमितताओं की पहचान करने और अधिकारियों पर जांच को आगे बढाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था एसआईटी ने पिछले माह पुलिस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है सरकार विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब छह लाख कर्मचारियों को फायदा होगा

यह बोनस पंचायत समिति जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा

इस योजना को चरणबद्व तरीके से लागू किया जाएगा रक्षा मंत्रालय ने लडकियों को भी सैनिक स्कूलों में पढने की मंजूरी देने को बारे में मिजोरम के छिंगछिप सैनिक स्कूल में दो साल पहले एक पायलट परियोजना शुरू की थी इस परियोजना की सफलता के बाद सरकार ने अब इसका दायरा बढाने का निर्णय लिया है

कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण अधिकारी सेवड़ी घोडारन सत्तरण रोहिणी गांव में स्प्रे करने के कार्य में जुटे हैं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक भी नागौर पहुंच गए हैं और उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने ये जानकारी दी

अजमेर के किशनगढ में आज नकली इंजन ऑयल की बडी खेप बरामद की गई है पुलिस ने एक गोदाम में एक लीटर ऑयल के डिब्बे और ऑयल से भरे ड्रम मौके से जब्त किए गए गोदाम पर खड़े वाहनों में भी नकली ऑयल बरामद किया गया